दूसरी ओर राजद ने भी अपने तीन विधायकों को पार्टी से छह वर्षो के लिए निष्कासित किया प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है

अब तक पांच सौ सैंतीस लोगों की इस महामारी से मृत्यु

जनता दल यूनाईटेड ने पार्टी नेता और राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि श्री रजक लम्बे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे सूत्रों ने बताया कि श्याम रजक के राजद में शामिल होने की सम्भावना है इधर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तीन विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि जिन विधायकों को निष्कासित किया गया है उसमें गाय घाट से महेश्वर प्रसाद यादव पातेपुर से प्रेमा चौधरी और केवटी के विधायक फराज फातमी शामिल हैं श्री सिंह ने बताया कि ये तीनों विधायक जदयू के सम्पर्क में थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर सारण और गोपालगंज जिले के नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर चले गये हैं मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी भीषण जलजमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है बाईट मुजफ्फरपुर जिले की सोलह में से पन्द्रह प्रखंडो की लगभग उन्नीस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब तक लगभग दो लाख सैंतीस हजार परिवारों के बैंक खाते में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेजी आ चुकी है अब भी बड़ी आबादी राहत से वंचित है जिसे लेकर लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है जिले के विभिन्न भागों में राहत वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हये बाढ़ पीड़ित प्रदर्शन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक दरभंगा में भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हुई है हालांकि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है

घरों से पानी निकलना शुरू हो गया है और सड़कों से भी पानी उतरने लगा है हांलाकि अभी भी एक बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में हैं महामारी की आशंका को देखते हुये प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लिचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है साथ ही चिकित्सकों की टीम भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प कर रही है

समस्तीपुर जिले में अब नौ प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं

जिले में बागमती नदी के उफान के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज चौबीसवें दिन भी रेल परिचालन ठप है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक और वाया नदी का पानी पातेपुर तथा भगवानपुर प्रखंड के कई गांवों में प्रवेश कर गया है कई नये क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं बाईट सोनपुर से नया गांव होते हुये दरियापुर के आगे तक फैला हल्दिया चंवर एक बार फिर बाढ़ के पानी से जलमग्न है गंडक नदी के कहर से सैकड़ों एकड़ भूमि में लगी धान मकई और हरी साग सब्जियां डूब गयी है वहीं बहेड़वां गाछी गांव में पानी के प्रदेश कर जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है गांव के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में दर्जनों घर बाढ़ की चपेट में आ गये हैं सड़कों पर पानी आ जाने से आवागमन भी बाधित हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह गोपालगंज जिले के पांच सारण के नौ और सीवान के चार प्रखंडों में अब भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है पूर्वी चम्पारण के कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने लगा वहीं कई नये क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है कोसी नदी के उफान के कारण खगड़िया मधेप्रा सहरसा और सुपौल जिले के कई गांव जलमग्न हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ तीस प्रखंड की एक हजार तीन सौ दस पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं लगभग बयासी लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है इन क्षेत्रों में दस राहत शिविर संचालित किये जा रहे जहां लगभग तेरह हजार लोग शरण लिये हुये हैं वहीं सात सौ बयासी सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालित किया जा रहा है जहां से लगभग छह लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है लेकिन विभिन्न नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लाल निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बनी हुई है वहीं ब्रूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपूर के रोसड़ा में खतरे के निशान से दो मीटर और खगड़िया में एक मीटर से अधिक दर्ज किया गया है इसी तरह बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में एक एक मीटर जबकि दरभंगा के हायाघाट में लाल निशान से लगभग दो मीटर ऊपर बह रही है अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमीघाट में लाल निशान से लगभग ढाई मीटर ऊपर है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से दो मीटर बीस सेंटीमीटर ऊपर है वहीं कुर्सेला में यह लाल निशान के आसपास बनी हुई है महानंदा नदी पूर्णियां के ढेंगराघाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर है परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से इकतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा का जलस्तर पटना के गांधीघाट और हाथीदह में लाल निशान से नीचे आ गया है वहीं प्रनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से एक मीटर बीस सेंटीमीटर ऊपर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि उत्तरी हिस्सों में भी एक दो स्थानों पर बारिश की सम्भावना है

प्रदेश में कोविड उन्नीस के दो हजार एक सौ सतासी नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख चार हजार तिरानवे हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से दो सौ तिरपन मामले सामने आये हैं भागलपुर से एक सौ सतहत्तर मधुबनी से एक सौ सत्ताईस औरंगाबाद से एक सौ तेरह मुजफ्फरपुर और सहरसा से संतानवे संतानवे और पूर्वी चंपारण से छियानवे मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह नालंदा से नब्बे पूर्णिया से बयासी पश्चिम चंपारण से इक्यासी सीतामढ़ी से अठहत्तर सारण से चौहत्तर और गोपालगंज से इकहत्तर मामलों की प्रष्टि हुई है अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार आठ सौ इक्यानवे मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बहत्तर हजार पांच सौ छियासठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर उनहत्तर दशमलव सात एक प्रतिशत है वहीं एक दिन में बाईस लोगों की मौत के साथ ही प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पांच सौ सेंतीस हो गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के सड़सठ हजार दो सौ बारह नमूनों की जांच हुई अब तक राज्य में सोलह लाख उनासी हजार चार सौ बासठ नमूनों की जांच हो चुकी है राजधानी पटना में कोविड मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अब तक सोलह हजार छह सौ इक्कीस मामलों की पुष्टि हो चुकी है बारह हजार सात सौ अंठानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक सौ एक लोगों की मौत हुई है देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तिरसठ हजार चार सौ नवासी नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर पच्चीस लाख नवासी हजार छह सौ बयासी हो गई है वहीं एक दिन में तिरपन हजार से अधिक मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गई है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अठारह लाख बासठ हजार दो सौ अठावन हो गयी है

एक दिन में नौ सौ चौवालीस लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर उनचास हजार नौ सौ अस्सी हो गया है देश में मृत्यू दर एक दशमलव नौ चार प्रतिशत है नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करने का अनुरोध किया है बाईट अपने बुजुर्गो का ख्याल रखना अलग रखना दूरी बनानी लेकिन सोशली उनको इमोशली उनको दूरनहीं करना और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाइन में खड़े हो रहे हैं शोप पर हैं वर्कप्लेस परहैं बहुत जरूरी है और साथ साथ में ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनेटाइज करना है कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी द्रसरी पुण्यतिथि पर श्रद्दापूर्वक याद कर रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित वाजपेयी जी की सामाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया

सर्वमान्य और सर्वप्रिय अटल जी का सद्दयवहार विनोदप्रियता वागपटुता और प्रभावी कार्यशैली जनसेवकों के लिए शिक्षा व प्रेरणा के स्रोत उनकी लोकप्रियता दल राजनीति की सीमाओं से ऊपर थी उनके व्यक्तित्व व्यवहार और विचारों की शक्ति के कारण राजनैतिक विरोधी भी उनके प्रति इस स्नेह और सम्मान का भाव रखते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री वाजयेपी राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देते हुये उन्हें महान नेता बताया इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय सहित राज्यभर में सभाओं का आयोजन कर वाजपेयी जी को श्रद्वाजंलि दी गयी पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का आज ग्रूग्राम में निधन हो गया वे पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाये गये थे साथ ही उन्हें गुर्दे से जुड़ी बीमारियां भी थी रेलवे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत शहरों से गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों को साढ़े पांच लाख मानव दिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया है बेगूसराय के बीहट बाजार में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक आभूषण दुकान से दस लाख रूपये मूल्य के जेवरात लूट लिये इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की पुलिस उपाधीक्षक राजन कुमार सिन्हा ने बताया कि सीसी टीवी फूटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में जमीन संबंधी विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर उग्र लोगों ने हमला कर दिया जिससे एक सहायक अवर निरीक्षक समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गये इस सिलसिले में तेरह आरोपियों को हिरासत में लिया गया है

दूसरी ओर राजद ने भी अपने तीन विधायकों को पार्टी से छह वर्षो के लिए निष्कांसित किया प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है

अब तक पांच सौ सैंतीस लोगों की इस महामारी से मृत्यु